म्ख्यमंत्री ने वीसी में स्झाव दिया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने तथा अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के उद्देश्य से चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला जुला हो संक्रमित क्षेत्र में पूरी सख्ती बरती जाये वहीं अन्य क्षेत्रों में र्थिक गतिविधियों को स्चारू करने के उद्देश्य से छूट दी जायें

धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियंत्रित रूप से प्रारंभ किए जाएं सभी प्रकार के उत्सव प्रतिबंधित हों इस बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉकडाउन के संबंध में अब राज्य लीड करेंगे कृछ सामान्य गाईड लाईन्स को छोड़कर राज्य अपनी परिस्थितियों के अन्रूप कार्य कर सकेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने का एक मात्र तरीका जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता अथवा इसका निश्चित उपचार नहीं मिल जाता लॉकडाउन ही है अतः लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता श्रमिक वापसी द्रसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है

इन श्रमिकों को मेडिकल चेकअप के बाद बसों से इनके गंतव्य तक पहंचाया गया वहीं केरल के कासरगौद से रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस कल विदिशा पहुंची

मजद्रों ने बताया कि उन्हें साप्ताहिक मजद्री का भ्गतान उनके बैंक खातों के माध्यम से कराया जा रहा है

इनमें तीन ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल में भी रहेगा

इन काउंटरों पर सिर्फ मरीजों दिव्यांगजनों स्वतंत्रता सेनानियों वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों और रेल कर्मचारियों को ही टिकट मिलेंगे

वरिष्ठ नागरिकों को कोई छूट नहीं मिलेगी

इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

राजधानी से सटे सीहोर में कल दूसरे मरीज का पता चला

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि इनमें से दो व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री शहर के बाहर की है

राजगढ़ जिले में भी कोरोना ने दस्तक दी है

मरीज स्वस्थ राज्य में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लोग स्वस्थ भी तेजी से हो रहे हैं अब तक साढ़े सत्रह सौ ज्यादा लोग अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो च्के हैं

डॉक्टरों के म्ताबिक इन्हें भी जल्द ही छ्ट्टी दे दी जाएगी

हालांकि प्रत्येक बच्चे की मार्क शीट पर कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत की सील भी लगाई जाएगी